मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रों में की है उल्लेखनीय प्रगति

न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर ने कल ली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सिंगापुर में अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस से मुलाकात की उन्होंने अमरीका को भारत में रक्षा उपकरण बनाने के लिए आमंत्रित किया श्री मोदी ने कहा कि भारत अन्य क्षेत्रों में निर्यात का प्रमुख केन्द्र बन सकता है श्री मोदी की माइक पेन्स के साथ मुलाकात की जानकारी संवाददाताओं को देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि श्री पेन्स ने यह स्वीकार किया कि भारत ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक और राजनयिक रूप से अच्छी प्रगति की है उन्होंने प्रघानमंत्री मोदी के दृढ़ नेतृत्व की सराहना भी की श्री गोखले ने कहा कि दोनों ही पक्ष इस बात से सहमत थे कि अमरीका से रक्षा संबंधित आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है इससे पहले फिनटेक उत्सव में अपने प्रमुख भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के अपार अवसर मिल रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी नई दुनिया में प्रतिस्पर्धा और शक्ति को परिमाषित कर रही है श्री मोदी ने कहा कि पहले शासनाध्यक्ष के तौर पर उत्सव को संबोषित करना उनके लिए सम्मान की बात है उन्होंने कहा कि ये अवसर भारत में वित्तीय क्रांति को मान्यता प्रदान करता है जहां एक अरब तीस करोड़ लोगों के जीवन में परिक्तन आया है श्री मोदी ने कहा कि फिनटेक नवाचार और ज्ञान की शक्ति में विश्वास तथा विश्व को बेहतर स्थान बनाने में भरोसे का उत्सव है श्री मोदी ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री टी शनमुगारत्नम के साथ संयुक्त रूप से एपिक्स यानि एप्लीकेशन प्रोग्रेमिंग इंटरफेस एक्सचेंज का उद्घाटन किया एपिक्स विश्व की वित्तीय संस्थाओं को भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ने का एक माध्यम होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रघानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और सिंगापुर के प्रघानमंत्री ली सिएन लुंग से अलग अलग मुलाकात की श्री मोदी ने सिंगापुर के प्रघानमंत्री ली सिएन लुंग के साथ मुलाकात में वित्तीय प्रौद्योगिकी विस्तारित संपर्क सुविधा और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बातचीत के दौरान व्यापार और निवेश रक्वा और सुरक्वा तथा ट्विपक्षीय सहयोग के अन्य मृद्दों पर विचार विमर्श किया प्रमुख क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत श्री मोदी ने थाईलैंड के प्रघानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा से भी मुलाकात की इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश रक्षा और सुरक्षा तथा संपर्क स्विघाओं के बारे में चर्चा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य में समी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रारम्म के समय यहां शौचालयों की कवरेज तेईस प्रतिशत थी जो अब बढ़कर निंनयानवें प्रतिशत हो गई है इस दौरान एक करोड़ छप्पन लाख से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है श्री योगी लखनऊ में नीति आयोग भारत सरकार के साथ एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में सैंतीस जिले पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो गये हैं और इस महीने के अन्त तक राज्य में शौचालयों का शत प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि प्रघानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत एक वर्ष में साढ़े आठ लाख से अधिक आवास बनाये गये हैं और इस माह के अन्त तक दस लाख आवासों का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों को गोद लेने की व्यवस्था से अट्ठारह हजार से अधिक स्कूलों में शैवणिक स्थिति में सुघार हुआ है और छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है श्री योगी ने कहा कि बुन्देलखंड में हर घर को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार प्रयासत है राज्य में सिंचाई की सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है और बीस वर्षो में पहली बार नहरों की टेल तक पानी पहुंचा है बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राज्य सरकार की स्वच्छता ग्रामीण आवास सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की सराहना की राज्यपाल राम नाईक ने कल प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर को एक समारोह के दौरान मुख्य न्यायादीश पद की शपथ दिलायी न्यायमूर्ति माथुर इससे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायादीश रहे हैं न्यायमूर्ति डीबी मोसले के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति माथुर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था

इस उपग्रह में पूर्वोत्तर और देश के दूरदराज इलाकों को लेकर उच्च गति से आंकड़ों के हस्तांतरण की क्षमता होगी इस उपग्रह का जीवनकाल दस वर्ष से अधिक होगा इसरो का अब तक का सबसे भारी प्रक्षेपण यान जीएसएलवी मार्क श्री इस संचार उपग्रह को भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित करेगा जीएसएलवी मार्क श्री रॉकेट की यह दूसरी परीक्षण उझन है

इसरो के अव्यक्ष डॉक्टर केसिवन ने इस सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बयाई देते हुए कहा कि जी एस एल वी मार्क थ्री बड़ी शान से सफल प्रक्षेपण यानों की सूची में शामिल हो गया है

एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सबसे भारी उपग्रह को एक भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाना न केवल दोहरी सफलता है बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी है औद्योगिक नगरी कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय परिसर में कल से तीन दिवसीय यूपी डिफेंस एक्सपो दो हजार अट्ठारह की शुरूआत हो गई राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इस एक्सपो का शुमारम्म किया इस अवसर पर बोलते हुए श्री महाना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डिफॅस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर की घोषणा की थी जिसमें दो कॉरिडोर थे जिनमें से एक यूपी में हैं उन्होंने बताया कि पहले रक्षा मंत्रालय के कई उत्पाद ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था अब उन्हें डी लाइसेंसिंग कर दिया है जिससे उद्यमियों को इंडस्ट्रीज लगाने में सहलियत होगी श्री महाना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर में उद्योग लगे और प्रदेश औद्योगीकरण की ओर आगे बढ़े इस एक्सपो का उद्देश्य देश की रक्षा उत्पादन इकाइयों में भेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है इस मेले में रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है इस वर्ष एक्सपो का थीम है यूपी द इमर्जिंग डिफॅस मैन्यूफैक्चरिंग हब इन इंडिया इस कार्यक्रम का आयोजन केन्द्र सरकार यूपीडा और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोशियन द्वारा किया जा रहा है एक्सपो में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई डिफेंस मैन्यूफैक्वरिंग पालिसी पर चर्चा होगी राष्ट्र कल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की एक सौ उन्तीसवीं जयंती पर उन्हें याद किया हर वर्ष चौदह नवम्बर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों के अधिकारों देखमाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वॅकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने पंडित नेहरू को श्रद्वांजलि दी एक ट्वीट में श्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम और उनके शासनकाल में देश के लिए किए गए उनके योगदान को याद किया जायेगा लखनऊ कुशीनगर अमरोहा हमीरपुर सहित अनेकों स्थानों पर नेहरू जी को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्वाजंति दी गई कानपुर में इस अवसर पर चाइल्ड हेल्प डेस्क द्वारा रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक स्कूल की गुरूआत की गई लखनऊ में विधि और न्यायमंत्री बृजेश पाठक ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश का भविष्य बच्चों पर निर्मेर है और उन्हें अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है संसद का शीतकालीन सत्र ग्यारह दिसम्बर से शुरू होगा और आठ जनवरी तक चलेगा कल नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है